प्रथम विश्वय्द्व की समाप्ति के आज एक सौ वर्ष पूरे होने के अवसर पर उन्होंने कहा कि युद्व से होने वाले विनाश पर स्थाई विराम लगना चाहिए श्री मोदी ने अपने संदेश में प्रथम विश्वय्द्व में लड़ने वाले जांबाज भारतीय सिपाहियों का स्मरण किया

यहां वह अपने संसदीय क्षेत्र का दौरा करेंगे इसके साथ ही चौबीस सौ करोड़ रूपये से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केन्द्रीय परिवहन मंत्री नितिन गड़करी भी मौजूद रहेंगे

उन्होंने युवा कार्यकर्ताओं से सोशल मीडिया के माध्यम से आम जनता को जागरूक करने और उन्हें सरकारी योजनाओं से रूबरू कराने का आह्वान किया श्री मौर्य ने कहा कि आज के यूग में इलेक्ट्रानिक मीडिया के साथ ही सोशल मीडिया भी आम जनता से जूड़ने का एक सशक्त माध्यम है उन्होंने कहा कि देश के अन्दर ढ़ाई लाख से अधिक फर्जी कंपनियां बन्द कर दी गयी हैं ऑन लाइन ट्रांजक्शन बड़े पैमाने पर शुरू हो गया है देश में चौसठ प्रतिशत टैक्स पेयी बढ़ गये हैं सरकार की इस दिशा में किये गये सकारात्मक प्रयासों की हर तरफ सराहना हो रही है

यह रैली जिले की कोहारा पीर चौरोहे से शुरू होकर गॉधी उद्यान पर समाप्त हुई रैली के माध्यम से लोगों को स्वच्छता अभियान से जोड़ने का आह्वान किया गया इस अवसर पर केन्द्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का मुख्य एजेंडा देश को स्वच्छ बनाना है उन्होंने राम मन्दिर के सवाल पर कहा कि राम मन्दिर आस्था का विषय है राजनीति का नहीं नगर विकास मंत्री सुरेश खन्ना ने अपने सम्बोधन में कहा कि विदेशों की तरह देश की जनता में भी स्वच्छता को एक कर्तव्य की तरह मानने की भावना को जागृत किया जायेगा

मौलाना आजाद स्वतंत्रता सेनानी शिक्षाविद और स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे

एक ट्वीट संदेश में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मौलाना आजाद को श्रद्वांजलि अर्पित की है

छठ व्रती कल शाम खरना पूजन करेंगे वहस्पतिवार को निर्जल उपवास करते हये छठ व्रती अस्तांचलगामी भगवान सूर्य को अर्घ्य देंगे और अगले दिन शुक्रवार को उगते हये भगवान भाष्कर को अर्ध्य देकर अपना व्रत सम्पन्न करेंगे छठ पर्व को लेकर प्रदेश के सभी जिलों में खास तौर से पूर्वी जिलों में विशेष उत्साह है बाजार छठ पूजा की सामग्री से पटे हुये हैं बाजारों में चहल पहल और भीड़ भाड़ है उधर नदियों तालाबों और छठ पर्व के लिये अस्थायी रूप से बनाये गये पोखरों को अर्ध्य देने के लिये तैयार किया जा रहा है इन सभी स्थानों पर साफ सफाई और रोशनी के प्रबंध किये जा रहे हैं

क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी राजेन्द्र रावत ने बताया कि पीपीपी मॉडल से बनाये गये इस रोप वे में तीर्थयात्रियों को लक्षण पहाड़ी तक ले जाने के लिए छह ट्राली लगाई गई हैं जिसमें तीन ट्राली ऊपर जाएंगी और तीन नीचे आएंगी एक ट्राली में छह लोग यानी एक बार में अट्ठारह लोग सफर कर सकेंगे

मैच भारतीय समय अनुसार रात साढ़े आठ बजे ग्याना में शुरू होगा